राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राजपथ पर परेड की सलामी ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे भारतीयों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने लोगों का गणतंत्र दिवस की बधाई दी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की वजह से मन की बात कार्यक्रम के समय में परिवर्तन करना पड़ा उन्होंने कहा कि देश और समाज के लिये कुछ कर गुजरने की भावना हर दिन पहले से अधिक मजबूत हो रही है श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से नई नई उपलब्धियों पर चर्चा और उनक सुझावों को आपस में साझा करने का अवसर मिलता है बाइट नये नये विषयों पर चर्चा करने के लिए और देशवासियों की नयी नयी उपलब्धियों को सिलीबरेट करने के लिए भारत को सेलीबरेट करने के लिए मन की बात शेयरिंग लर्निंग और ग्रोविंग टूगेदर का एक अच्छा और सहज प्लेटफार्म बन गया है हर महीने हजारों की संख्या में लोग अपने सुझाव अपने प्रयास अपने अनुभव शेयर करते हैं उनमें से समाज को प्रेरण मिले ऐसी कुछ बातों लोगों के असाधारण प्रयासों पर हमें चर्चा करने का अवसर मिलता है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता के बाद जन भागीदारी की भावना आज जल संरक्षण क क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ रही है जल संरक्षण के लिये कई व्यापक और इनोवटिव प्रयास देशभर में हुए है बाइट स्वच्छता के बाद जन भागीदारी की भावना पार्टीसिपेट सिप्रिट आज एक और क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है और वह है जल संरक्षण जल संरक्षण के लिए कई व्यापक और इनोवेटिव प्रयास देश के हर कोने में चल रहे हैं मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले मानसून के समय शुरू किया गया ये जल शक्ति अभियान जन भागीदारी से अत्यधिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है बड़ी संख्या में तालाबों पोखरों आदि का निर्माण किया सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में समाज के हर तबके के लिए लोगों ने अपना योगदान किया प्रधानमंत्री ने राजस्थान के झालोर जिले की दो ऐतिहासिक बावड़ियों और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद की सराही झील का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि लोगों ने जन सहभागिता से अपना योगदान देकर इनमें नयी जान डाल दी

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खेलों में बेटियों ने शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित किया

बाइट आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर गुझे गगनयान के बारे में बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है देश उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चला है

और उस मौके पर हमें गगनयानमिशन के साथ एक भारतवासी को अन्तरिक्ष में ले जाने के अपने संकल्प को सिद्ध करना है

नये भारत के लिए ये एक मील का पत्थ साबित होगा श्री मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिये गये सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी उन्होंने लोगों से पुरस्कार पाने वाले लोगों के योगदान के बारे में जानकारी हासिल करने और उस पर परिवार के साथ चर्चा करने के लिये भी कहा क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन की असाधारण कहानियां समाज को सही मायने में प्रेरित करेंगी मन की बात कायक्रम के अन्त में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनायें देते हुए कहा कि यह पूरा दशक हर भारतीय के जीवन में नये संकल्पों और नयी सिद्वी साबित करने वाला बने

इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया इसमें देश के इतिहास सांस्कृतिक विविधता और सामरिक शक्ति की भव्य झांकी दिखाई दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने तिरंगा फहराया और परड की सलामी ली बाजील के राष्ट्रपति जाइर मैसियास बोलसोनारो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे

गणतंत्र दिवस परेड़ में विभिन्न राज्यों की झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये इस अवसर पर भारत की सैन्यं शक्ति सांस्कृतिक विविधता सामाजिक और आर्थिक प्रगति की रंग बिरंगी झलक राजपथ पर देखने को मिली परेड में सोलह राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के अलावा छह केन्द्रीय मंत्रालयों की झांकिया न भाग लिया इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियों में स्टार्ट अप इंडिया जल जीवन मिशन और वित्तीय समावेश को प्रदर्शित किया गया

प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन लखनऊ में विधान भवन के सामने हुआ जहाँ राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने भव्य परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति के गीतों की धुन पर कदमताल करते सैन्य और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया परेड के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा मनमोहक झाकियों का प्रदर्शन किया गया इस मौके पर सेना द्वारा सैन्य हथियारों का भी प्रदर्शन किया गया

इस दौरान हाथो में तिरंगा लिये स्कूली बच्चों ने सेना का उत्साह बढ़ाया हेलीकाप्टर से हो रही फूलों की बारिश में सेना का शक्ति प्रदर्शन लोगों में देशप्रेम की भावना का संचार करने वाला रहा परेड स्थल भारत माता की जय और बन्देमातरम के नारों से गूंजायमान रहा

शाहजहाँपुर में गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया गया इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पुलिस लाइन में निकाली गयी आकर्षक परेड की सलामी ली मथुरा में प्रदेश के पशुधन मत्स्य एवं दुग्ध विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने पूलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों को शुभकामनायें दीं हमीरपुर बलरामपुर पीलीभीत जौनपुर प्रतापगढ़ सहित विभिन्न जनपदों से भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किये जाने के समाचार मिले है प्रदेश में पाँच दिवसीय गंगा यात्रा कल सत्ताईस जनवरी को बिजनौर और बलिया जनपद से शुरू होगी

वहीं बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान गंगा यात्रा की शुरूआत करेंगे

यह यात्रायें प्रदेश के सत्ताईस जिलों से होकर गुजरेगी

गंगा यात्रा के दौरान राज्य सरकार लोगों को गंगा के आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व के बारे में बतायेगी इसके अलावा गंगा के तटवर्ती गॉवों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए अभियान की शुरूआत भी की जायेगी इसके अतिरिक्त तटीय इलाके के लोगों को गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने के लिए जागरूक भी किया जायेगा लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह आज सम्पन्न हो गया

इस अवसर पर राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल भी उपस्थित थी